विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में हो रहे इस सत्र के लिए पूरी व्यवस्था की गई है

उन्होंने कहा कि सदस्यों की सीटों के बीच पॉली कार्बोनेट शीट लगाई गई है और सदन व परिसर को दिन में दो बार सेनिटाइज किया जाएगा

विधानसभा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि दोनों तरफ के सदस्यों का उन्हें पूरा सहयोग मिलेगा शोकोदगार इससे पहले विधानसभा में पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी पूर्व विधायक राकेश वर्मा व चंद्रवर्कर को याद करते हुए उन्हें श्रद्वांजलि दी गई

संदन के नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने इस संबंध में प्रस्ताव पेश किए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रणब मुखर्जी का बहुत अच्छा व्यक्तित्व था और सभी दलों के नेताओं से उनके अच्छे संबंध थे

मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने शोकोद्गार में हिस्सा लेते हुए सभी नेताओं सैनिकों और कोरोना से मारे गए लोगों को श्रद्वांजलि दी उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी की कमी देश को खल रही है अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि शहीद सैनिकों के परिवारों को सम्मान राशि और नौकरी दें संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पूर्व विधायक चंद्रवर्कर और राकेश वर्मा के निधन पर शोक जताया कांग्रेस सदस्य आशा कुमारी ने शोकोदगार में शामिल होकर स्व प्रणब मुखर्जी को देश का सफलतम वित्त मंत्री बताया

राष्ट्रपति आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन का वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उदघाटन कर रहे थे उन्होंने कहा कि सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों को मजबूत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है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 सम्मेलन को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई शिक्षा नीति की सराहना की उन्होंने कहा है कि यह सभी प्रानी शिक्षा नीतियों का बेहतर विकल्प होगी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 प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि नई नीति कंठस्थ करने के बॅजाए सीखने पर जोर देती है और वो छात्रों की विवेचनात्मक क्षमता को बढ़ाएगी इस सम्मेलन में राज्यों के शिक्षा मंत्री राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे है

उन्होंने कहा कि हिमाचल ने इस नीति को लागू करने में प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लिया है राज्यपाल ने कहा कि इस नीति ने सभी पक्षों पर ध्यान दिया गया है और ये एक भविष्यन्मुखी व गतिशील दस्तावेज है जो देश को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करेगा राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश सरकार पर हर मोर्च पर विफल रहने का आरोप लगाया है एक बयान में उन्होंने कहा ँकि सरकार लोगों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और पिछले अढ़ाई वर्ष के कार्यकाल के दौरान सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है

उन्होंने देश की गिरती जीडीपी पर भी चिंता जाहिर की मेंट प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने महासचिव राजेश भंडारी की अध्यक्षता में आज शिमला में युवा सेवाए व खेल मंत्री राकेश पठानिया से भेंट की इस अवसर पर राकेश पठानिया ने कहा कि प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल अधोसंरचना को सुदृढ़ किया जाएगा